शिमला से आगे हिन्दुस्तान तिब्बत मार्ग के आज रात तक यातायात के लिए खुल जाने की संभावना है जबकि रोहडू और चौपाल के लिए भी सड़कों से बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है उपायुक्त शिमला अमित कश्यप के मुताबिक राजधानी शिमला में सभी सड़कों को यातायात के लिए खोल दिया गया हैं हालांकि उन्होंने हिन्दुस्तान तिब्बत मार्ग और रोहडू तथा चौपाल सड़कों पर रात के समय लोगों को वाहन न चलाने की सलाह दी है

उधर किन्नौर जिला के जंगी नाला में हिमखंड के गिरने से सड़क अवरूद्ध हो गई है जिले में भारी बर्फबारी के कारण सड़क संचार और बिजली आपूर्ति भी बूरी तरह से प्रभावित है

लाहौल स्पीति के उपायुक्त अश्वनी कमार चौधरी के मुताबिक नदी का बहाव लगभग पांच घंटे तक रूके रहने के बाद पानी ऊपर से बहने लगा तथा पानी का स्तर भी कम हो रहा है चम्बा जिला में अब जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा है और सभी प्रमुख मार्गों पर यातायात बहाल कर दिया गया है कुल्लू जिला की लगघाटी में खलाड़ा के नजदीक आज पहाड़ी से हुए भूस्खलन में छः लोग घायल हुए और दो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई घायलों को उपचार के लिए कुल्लू अस्पताल में भर्ती करवाया गया है कुल्लू मनाली के बीच आज यातायात बहाल कर दिया गया है जबकि बंजार आनी मार्ग भारी बर्फबारी के कारण बंद है इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने भारी बर्फबारी से उत्पन्न स्थिति की आज शिमला में समीक्षा की और अधिकारियों को बिजली पानी तथा सड़कें युद्ध स्तर पर बहाल करने के निर्देश दिए सीएम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में ठोस कूड़ा कचरा और गंदे पानी का कशल उपचार लगातार चिंता का विषय है और इसके उचित प्रबंधन के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि प्रभावी और वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके ठोस कचरे की मात्रा में व्यापक कमी लाई जा सकती है उन्होंने डंपिंग साइटों से उठती दुर्गंध को भी चिंता का विषय बताया और कहा कि इसका उचित निवारण करने की जरूरत है मुख्यमंत्री आज प्रदेश सचिवालय में महाराष्ट्र के सतारा की एक निजी कंपनी द्वारा ठोस कूड़ा कचरा और गंदे पानी के प्रबंधन पर दी गई प्रस्तुति के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ठोस कूड़ा कचरा व गंदे पानी के प्रबंधन की तकनीक को शिमला और मंडी में पायलट आधार पर शुरू करेगी वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश सरकार नए स्कूल खोलने के बजाए सुविधाओं में सुधार पर बल दे रही है वीरेंद्र कवर राजकीय उच्च पाठशाला तनोह के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार निजी स्कूलों में सरकारी स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास कर रही है

शांता कुमार सांसद शांता कुमार ने कहा है कि वह प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को आयकर के दायरे से बाहर रखने का मामला केंद्रीय वित्त मंत्रालय से उठाएंगे ताकि बोर्ड प्रदेश के छात्रों को और बेहतर सुविधाएं देने में सक्षम हो सके शांता कुमार ने यह आश्वासन उनसे मिलने आए बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी को दिया सोनी ने इस दौरान बोर्ड द्वारा छात्रों को दी जा रही सुविधाओं और नकल रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी